केन्द्र ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन की अधिसूचना जारी की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का कल उद्घाटन किया पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के हथियारो के उत्पादन से जुड़ी कम्पनियां भाग ले रही हैं उद्घाटन के अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत के पास असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र में व्यापार आसान हुआ है उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो का यह ग्यारहवां संस्करण न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है उन्होंने कहा कि भारत केवल एक बाजार नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अवसर भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह डिफेंस एक्सपो भारत की विशालता व्यापकता विविधता और विश्व में उसकी विस्तृत भागीदारी का सबूत है भारत सिर्फ एक बाजार ही नहीं है भारत पूरे विश्व के लिए एक अपार अवसर भी है मानव जीवन का इतिहास जितना पुराना है सुरखा की चुनौतियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है इन चुनौतियों के स्वरूप में कारणों में उनसे निपटने के तरीकों में भी परिवर्तन समय समय पर दुनिया ने देखे हैं जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां और अधिक गंभीर होती जा रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारत के युवाओं के लिये बहुत बड़ा अवसर है मेक इन इंडिया से भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा वहीं रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे आज का यह अवसर भारत की रखा सुरक्षा की चिंता करने वालों के साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है मेक इन इंडिया से भारत की सुरक्षा बढ़ेगी वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नये अवसर भी बढ़ेंगे और इससे मविष्य में डिफेंस एक्सपो को भी बल मिलेगा

इस बात का भी यह सबूत है कि सुरखा और रखा के क्षेत्र में भारत एक सशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा हैं यह एक्सपो सिर्फ डिफ्स से संबंधित उद्योग में ही नहीं बल्कि समग्र रूप से भारत के प्रति दुनिया के विखास को भी प्रकट करता है श्री मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो दो हजार बीस की थीम भी आने वाले कल की चुनौतियों पर केन्द्रित है तकनीक आतंकवाद और साइबर खतरों का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिये बड़ी बाधा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में देश का रक्षा उत्पादन सत्रह हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया इसे दो हजार चौबीस तक पैंतीस हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटस के इस्तेमाल के बारे में एक योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है उन्होंने कहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद तथा सैन्य विभाग की स्थापना से संपूर्ण रक्षा उत्पादन में गति आएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में दो बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से एक तमिलनाड़ में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बन रहा है उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री एवं अन्य उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कहा कि डिफेंस एक्सपो का लखनऊ में आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच का परिणाम है इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्मरता और मेक इन इंडिया के लिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक बेहतर गंतव्य बना है डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे रक्षा प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज भारत अफ्रीका रक्षा बैठक के साथ ही कई अन्य प्रतिनिधिमण्डल स्तर की वाताए होंगी केन्द्र सरकार ने अयोध्या में श्रीराम जन्ममूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित करने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में होगा इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल न्यास के गठन का फैसला किया लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया करीब सड़सठ एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा श्री मोदी ने उन्होंने कहा कि यह न्यास राम मंदिर निर्माण से संबंधित फैसले स्वंय लेगा प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा की गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि न्यास में पन्द्रह ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक दलित समाज का होगा उन्होंने कहा कि सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मन्दिर के निर्माण की अपनी प्रतिबद्वता सिद्व की है इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि न्यास गठित करने के मंत्रिमंडल के फैसले को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है उन्होंने कहा कि इससे चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया उन्होंने न्यास में एक दलित सदस्य को सम्मिलित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या जिले की सोहावल तलसील में धन्नीपुर गांव में यह भूमि बोर्ड को दिए जाने का फैसला लिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नवम्बर में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्मया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी जानी चाहिए अलग अलग फांसी नहीं दी जानी चाहिए न्यायालय ने इस संबंध में मौत की सजा पर रोक लगाने संबंधी सुनवाई अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को सात दिन के भीतर तमाम उपलब्ध विकल्पों के इस्तेमाल के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के एक और मुजरिम अक्षय की दया याचिका अस्वीकार कर दी इस मामले में चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गयी थी इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में अब इन चारों में से किसी की भी दया याचिका लम्बित नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित केरल में दो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है और उनके शरीर में संक्रमण काफी कम हो गया है चीन से लौटै इन विद्यार्थियों में वायरस की पुष्टि हुई थी आकाशवाणी से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पन्द्रह दिनों में उनके स्वस्थ होने की संभावना है हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है मगर हमें पैनिक नहीं करना है अगर हम अपने देश की बात करें तो तीन पॉजिटिव केस मिते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो वुहान में पढ़ते थे तो ये स्टूडेंट्स अब स्टेबल हैं

स्टेट्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वहां से वापस लौटे जनपद गोंडा के तेरह छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मध् गैरोला ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी तेरह छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गयी है उन्होंने कहा कि सभी छात्र स्वस्थ हैं